राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का नए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरम्भ करने पर बल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सोलन जिला के बद्दी में आईपीएच का नया डिविजन खोलने की घोषणा

मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही आपदा न्यूनीकरण निधि स्थापित करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात आज शिमला में जम्मू कश्मीर उत्तराखण्ड हिमाचल और लद्दाख के हितकरों के लिए पहाड़ी शहरों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी हिमाचल के निर्माण के लिए सभी सरकारी एजेंसियों व गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है इसके माध्यम से एक समग्र सक्रिय बहुआपदा प्रौद्योगिकी संचालित और समुदाय आधारित रणनीति विकसित कर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई कि लोग अभी भी ऐसे घरों में रह रहे हैं जो मजबूत स्थिति में नही हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से राज्य में नए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने पर बल दिया है राज्यपाल आज शिमला में कौशल विकास निगम की गतिविधियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ युवाओं तक पहुंचाया जाना चाहिए राज्यपाल ने कम्पयूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि उद्योगों की मांग पर पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्र सरकार पर प्रदेश से भेदभाव का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा है कि विकास के नाम पर प्रदेश के लोगों को केन्द्र बार बार गुमराह कर रहा है

उन्होंने केन्द्र के इस निर्णय को प्रदेश के लिए बड़ा झटका भी करार दिया है राठौर ने धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार वापसी की उम्मीद भी जताई है

हिमउर्जा के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि ये लक्ष्य राज्य में सौर उर्जा के तीव्र दोहन के लिए निर्धारित किया गया था

हड़ताल बैंकों के विलय के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज हिमाचल में भी खासा असर नजर आया राज्य में अधिकांश स्थानों पर बैंकों में कोई कामकाज नहीं हुआ और बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने धरने प्रदर्शन कर विलय का विरोध किया हालांकि निजी और सहकारी क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने अपने आप को इस हड़ताल से अलग रखा त्यौहारों के मौसम में हुई बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की इस हड़ताल से लोगों खासकर कारोबारियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा हड़ताल का आहवान ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने किया था

परिषद के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी व बिक्री का शुभारम्भ अतिरिक्त सचिव आर डी धीमान करेंगे मैराथन लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षमता निर्माण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया मिनी मैराथन को एसडीएम अमर नेगी ने झंडी दिखाई उन्होंने इस मौके पर कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाकर आपदा जोखिमों को कम किया जा सकता है इस मौके पर अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल भी आयोजित की गई जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के बद्दी में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग का काम काज सुचारू बनाने के लिए विभाग का एक डिविजन खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री आज बद्दी के मालकू माजरा में हरे कृष्णा गोशाला में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास के दावे करने के स्थान पर विकास करने में विश्वास रखती है मुख्यमंत्री ने बाद में हांडा कुंड्र में गोशाला का आधारशिला रखी और पुलिस लाईन बद्दी के प्रशासनिक खण्ड का उदघाटन भी किया गोविंद ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में सफाई व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान देने वाले सफाई कर्मचारियों को आज ठाकुर कुंज लाल दामोदरी ठाकुर सेवार्थ ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया गया

उन्होंने सफाई कर्मचारियों के काम की सराहना करते हुए कहा कि इनके प्रयासों से ही दशहरा उत्सव के दौरान पूरी तरह सफाई व्यवस्था कायम रह सकी गोविंद ठाकर ने ये भी कहा कि कल्लू दशहरा तर्ज पर मनाली विंटर कार्निवाल में भी सफाई व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा

शिक्षा मंत्री आज शिमला के संजौली में एक निजी स्कूल के खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में शारीरिक व बौद्विक विकास पर बल दिया ताकि विद्यार्थी के व्यक्तित्व में निखार आ सके उन्होंने युवा पीढ़ी को नशाखोरी के दलदल से भी दूर रहने की नसीहत दी और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का भी आहवान किया पवन नैयर चम्बा सदर के विधायक पवन नैयर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में प्रदेश में हर वर्ग का समान विकास हो रहा है नैयर आज चम्बा जिला की रठियार पंचायत में उपरी मियाड़ी सड़क के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे

नैयर ने ये भी कहा कि चम्बा जिला में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं पैंशन अदालत प्रदेश के प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला द्वारा बिलासपुर में दो दिवसीय पैंशन अदालत आज शुरू हुई

पैंशन अदालत के माध्यम से राज्य सरकार के पैंशनरों के पैंशन सामान्य भविष्य निधि और ऋण संबंधि मामलों का निपटारा किया जा रहा है कार्यालय के लेखाधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि पैंशन अदालत में जिले के सभी विभागों के आहरण व संवितरण अधिकारी भी भाग ले रहे है